त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था कल होगी जांच

महापौर समापति चुनाव प्रदेश के रायपुर दूर्ग रायगढ़ धमतरी और चिरमिरी नगर निगम में महापौर और सभापति के लिए आज हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है राजधानी रायपुर में कांग्रेस के एजाज ढेबर महापौर निर्वाचित हुए हैं उन्होंने भाजपा के मृत्युंजय दुबे को बारह मतों से हराया कांग्रेस प्रत्याशी एजाज ढेबर के पक्ष में इकतालीस वोट पड़े वहीं मृत्युंजय दुबे को उनतीस वोट मिला

वहीं दूर्ग नगर निगम में महापौर और सभापति पद के लिए चुनाव हुआ कांग्रेस प्रत्याशी धीरज बाकलीवाल भाजपा के नरेन्द्र बंजारे को बीस मतों से हराकर महापौर निर्वाचित हुए धीरज बाकलीवाल ने चालीस मत हासिल किए जबकि भाजपा प्रत्याशी नरेन्द्र बंजारे को बीस वोट मिले वहीं सभापति पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के राजेश यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार मीना सिंह को दो वोट से हराया इधर रायगढ नगर निगम में महापौर और सभापति पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है कांग्रेस की जानकी काटजू ने भाजपा के नवधा मिरी को चार वोट से हराया वहीं कांग्रेस के जयंत ठेठवार भाजपा के पंकज कंकरवाल को हराकर सभापति निर्वाचित हुए धमतरी नगर निगम में भी महापौर और सभापति पद पर कांग्रेस विजयी रही धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय देवांगन ने भाजपा के धनीराम सोनकर को चार मतों से हराया जबकि सभापति पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के अनुराग मसीह ने भाजपा के राजेन्द्र शर्मा को दस वोट से पराजित किया उधर चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस की कंचन जायसवाल महापौर और गायत्री बिरहा सभापति निर्वाचित हुई हैं भाजपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी ही दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए इससे पहले राजनांदगांव बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम में भी कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए हैं

भिली जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा नगर पालिका में भाजपा की पायल गुप्ता अध्यक्ष और धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वहीं बड़े बचेली नगर पालिका में कांग्रेस की पूजा साव को अध्यक्ष और उस्मान खान को उपाध्यक्ष बनाया गया है

किरदल नगर पालिका में मुणाल राय अध्यक्ष और बाल सिंह कश्यप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए बीजापुर नगर पालिका में कांग्रेस के बेनहुर रावतिया निर्विरोध अध्यक्ष और पुरूषोत्तम सल्ल उपाध्यक्ष चुने गए जांजगीर नगर पालिका में कांग्रेस के भगवान दास टॉस के जरिये अध्यक्ष चूने गए जबकि भाजपा के आश्रतोष गोस्वामी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए वहीं पाटन नगर पालिका में भी कांग्रेस के भूपेन्द्र कश्यप अध्यक्ष और बलदाऊ भाले उपाध्यक्ष बने नगर पालिका बेमेतरा में कांग्रेस की शकुंतला साहू अध्यक्ष चुनी गई हैं वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के पंचू साहू ने जीत दर्ज की है अहिवारा नगर पालिका में भाजपा के नटवर ताम्रकार अध्यक्ष और भाजपा के ही अशोक बाफना उपाध्यक्ष चुने गए बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के विकास चोपड़ा ने जीत हासिल की है कुम्हारी नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के राजेश्वर सोनकर विजयी हुए जशपुर नगर पालिका परिषद में भाजपा के नरेश चंद्र साय निर्विरोध अध्यक्ष और भाजपा के ही राजेश गुप्ता उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए कवर्धा नगर पालिका में ऋषि शर्मा को अध्यक्ष चुना गया

धमधा नगर पंचायत में कांग्रेस की सुनीता गुप्ता दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं वहीं उपाध्यक्ष पद पर अशोक कसार ने कब्जा जमाया है नगर पंचायत नवागढ़ से कांग्रेस के तिलक घोष निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं नगर पंचायत साजा में कांग्रेस की शालिनी जायसवाल अध्यक्ष बनी हैं वहीं योगेश्वर सोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया है राजपुर नगर पंचायत में भाजपा के सहदेव लकडा अध्यक्ष और जयगोपाल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए घरघोड़ा नगर पंचायत में भाजपा के शिशु विजय सिन्हा अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी उस्मान बेग उपाध्यक्ष चुने गए हैं लैलूंगा पुसौर और कुसमी नगर पंचायतों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है वहीं मुंगेली और सरिया नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे कवर्धा जिले के पिपरिया लोहारा पांडातराई बोडला और पंडरिया नगर पंचायतों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है

सरपंच पंच सहित विभिन्न पदों के लिए आज प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए अब तक दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच कल सात जनवरी को होगी वहीं उम्मीदवार नौ जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे इसी दिन प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के लिए अट्ठाईस और इकतीस जनवरी के अलावा तीन फरवरी को वोट डाले जाएंगे

प्रदेश की बाईस अनुसूचित जनजाति और पांच अनुसूचित जाति के उच्चारण विभेद को मान्य करने के संबंध में जल्द ही संयुक्त बैठक की जाएगी इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाकर इस पर जल्द निर्णय लेने की बात कही है राज्यपाल सेमिनार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं साथ ही नैक में अच्छी ग्रेडिंग के लिए कार्ययोजना बनाने और विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने की जरूरत है राज्यपाल सुश्री उइके आज रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में नई पहल विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुई उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा में नई पहल आज की आवश्यकता है विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए समय के अनुसार उच्च शिक्षा में परिवर्तन करने की जरूरत है राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को रोजगारोन्मुख होने की भी जरूरत बताई उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षण कार्यों तक सीमित न रहकर समाज उन्मुखी बनें विश्वविद्यालयों के आसपास स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अभियान चलाया जाए निष्ठा कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति ने कहा है कि नेशनल इनिसिएटिव ऑन स्कूल टीचर हेड हॉलीस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा का उद्देश्य कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी शिक्षकों और विद्यालय के प्रमुखों में दक्षता का निर्माण करना है इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना जरूरी है आज राजधानी रायपुर में श्री सेनापति ने निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह विश्व की सबसे बड़ी पहल है उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना हमारा उद्देश्य है इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए देश के बयालीस लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है युवा महोत्सव राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज स्थित खेल संचालनालय परिसर में आगामी बारह जनवरी से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं इस बार के यूवा उत्सव में शास्त्रीय संगीत और नृत्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्यंजनो पर आघारित फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित इस युवा उत्सव में आठ सौ इक्कीस विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे इनमें पंद्रह से चालीस वर्ष और चालीस वर्ष से अधिक आयू वर्ग के प्रदेशभर के छह हजार पांच सौ इक्कीस प्रतिभागी भाग लेंगे इनमें तीन हजार छह सौ तेरह पुरूष और दो हजार चार सौ तैंतीस महिला प्रतिभागी होंगी इसके अलावा तीन सौ एक पुरूष और एक सौ चौहत्तर महिला अधिकारी कर्मचारी भी महोत्सव में शामिल होंगी इस युवा महोत्सव का समापन चौदह जनवरी को होगा

इनमें मंजू कृंजाम राजू करटम रधमनी ठाकूर और सुनील पोयम शामिल हैं यह स्पर्धा चौबीस से अटठाईस दिसंबर तक उज्जैन में आयोजित की गई थी संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति रोहिणी प्रसाद को हटाए जाने की अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी है

दंतेवाड़ा जिले के हिरोली गांव में सुरक्षा बलों ने दो स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब तीस किलो गांजा जब्त किया है